कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव समिति के प्रभारी मुकल वासनिक की ओर से कल शाम जारी प्रेस विज्ञप्ति में मंडी से आश्रय शर्मा और शिमला संसदीय सीट से धनीराम शांडिल को प्रत्याशी बनाया गया है आश्रय शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पोते है जो हाल ही में फिर से कांग्रेस में शामिल हुए हैं

वर्तमान में वे सोलन विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक है और पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे है कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है राठौर धनीराम इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने दावा किया है कि शिमला और मंडी सीट पर पार्टी हाईकमान ने सशक्त उम्मीदवारों को टिकट दिया है और दोनों सीटों पर पार्टी जीत हासिल करेगी शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिली है और यीरभद्र सिंह व पंडित सुखराम की कल नई दिल्ली में हुई मुलाकात से इन दोनों बड़े नेताओं के बीच मन मुटाव खत्म हुआ है राठौर ने कहा कि कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा एक दो दिन में कर दी जाएगी इस बीच शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने उन्हें टिकट देने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है उन्होंने कहा कि शिमला सीट पर भले ही कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है लेकिन कांग्रेस कार्यकर्त्ता पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करेंगे

सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी ललित जैन ने नाहन में बताया कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस पहचान पत्र बैंक व डाकघर पासबुक पैन कार्ड आधारकार्ड व पैंशन बुक जैसे दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं

ऊना मंडी चुनाव ऊना के जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ऊना में आज उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर ब्रेल वोटर स्लिप और स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी ताकि दिव्यांग मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सके उन्होंने कहा कि जिले में रह रहे जम्मू कश्मीर के प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए डाक मत पेपर की सुविधा प्रदान की जा रही है

स्वीप कार्यक्रम मतदाताओं को वोट डालने के प्रति जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश भर में स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने आज बिलासपुर जिले के घुमारवीं में स्वीप कार्यक्रम का शुभारंभ किया उन्होंने मतदान के लिए हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई बच्चों ने नारों के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक किया मॉकड़िल आपदा प्रबंधन टीम ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक मॉकड्रिल का आयोजन किया ये मॉकड्रिल रिज मैदान के अलावा तारघर और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में करवाई गई एसडीएम शिमला शहरी नीरज चांदला ने बताया कि मॉकड़िल का उद्देश्य आपदा के समय सभी विभागों में आपसी तालमेल का जायजा लेना और बचाव संबंधी तैयारी करना था ताकि भविष्य में किसी भी आपदा के समय जानमाल के नुक्सान को कम किया जा सके रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा पैदल पार करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा पहली अप्रैल से कोकसर और मढ़ी में बचाव चौकियां स्थापित की जाएंगी लाहौल स्पीति के उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने आज केलंग में बताया कि रोहतांग दर्रे को पहली अप्रैल से पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा उन्होंने रोहतांग पैदल पार तय करने वाले सभी यात्रियों से बचाव चौकियों में अपना नाम दर्ज कराने का आग्रह किया है